श्री सिन्हा ने कहा कि इस फ्लेगशिप योजना का उद्देश्य बिना भेद भाव के नागरिको को ई शासन ई स्वास्थ्य ई बैंकिंग और अन्य सेवा मुहैया कराना है उन्होंने बताया कि परियोजना पचास प्रतिशत पूरी हो चुकी है और शेष बचे कार्य को अगले वर्ष के मार्च महीने तक संपन्न करने का लक्ष्य रखा है पूर्वोत्तर क्षेत्र में ग्यारह हजार नौ सौ सत्तर ग्राम पंचातों को चुना गया है और परियोजना के पहले चरण में अरुणाचल प्रदेश भी शामिल है तिराप जिले के नोंगलो गांव में सोलहवां असम राईफल्स के खोंसा बटालियन ने असम राईफल्स सिविल एक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत भर्ती पूर्व रैली पर जागरुकता कार्यक्रम चलाया इस अवसर पर कंपनी कमांडर पंकज कुमार ने जानकारी दी कि भारतीय सेना के आगामी भर्ती रैली में शामिल होने के लिए सिक्सटिन असम राईफल्स ऑन लाईन रेजिस्ट्रेशन सहायता भर्ती के लिए जरुरी दस्तावेज की जांच लिखित परीक्षा की तैयारी शारीरिक प्रशिक्षण के साथ साथ मॉक परीक्षा व प्रर्व चिकित्सा परीक्षण का सहायता प्रदान करेगा गुजरात के खेल मंत्री ईश्वरसिन थाकोरभाई पटेल की नेतृत्व में तेरह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर है आगामी इकत्तीस अक्टूबर को सरदार वल्लभाई पटेल को समंर्पित एकता की प्रतिभा अनावरण समारोह में शरीक होने के लिए अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री को इस समारोह में आमंत्रित करने के लिए वे प्रदेश के दौरे पर है प्रतिनिधिमंडल में गुजरात के सांसद विधान सभा सदस्यों और सिनियर अधिकारी शामिल है श्री पटेल ने जानकारी दी कि सरदार पेटल के जयंति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सौ बयासी मीटर लंबी प्रतिमा का अनावरन करेंगे दापोरिजों में रविवार को एक आग दुर्घटना में छह घर जल गए आग दुर्घटना ने कई परिवारों को बेघर कर दिया है इसमें करोड़ों रुपये की संपत्ति को नुकसान पाहंचा है लेकिन किसी के इताहत होने की खबर नही है वेस्ट कामेंग जिले में जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण ने बोमडिला राजकीय कॉलेज में सोमवार को औपचारिक रुप से उन्नीसवा कानूनी साक्षरता कल्ब का शुभारंभ किया राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार यह कल्ब खोला गया गौरतलब है कि प्राधिकरण ने हर जिले के स्कूलों और कॉलेजो में कम से कम पांच कानूनी साक्षरता कल्ब खोलने का निर्देश दिया है कोलकाता उच्च न्यायालय के सिनियर जज न्यायाधीश नादिरा पार्ठेया ने कल्ब का उद्घाटन करते हुए कहा कि कानूनी सेवा अधिकारियों की मुख्य जिम्मेदारी लोगों के बीच कानूनी शिक्षा का प्रसार करना है कृषि और किसान कल्याण मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा है कि महिलाओं को कृषि की मुख्यधारा में लाने के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाओं और विकास गतिविधियों के लिए आवंटित राशि का तीस प्रतिशत से अधिक भाग महिलाओं को दिया है नई दिल्ली में कल महिला किसान दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में लगभग अट़ठारह प्रतिशत किसान परिवारों को महिलायें चलाती हैं नौ राज्यों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किए गए शोध में यह पाया गया कि प्रमुख फसलों के उत्पादन में महिलाओं की भागीदारी पचहत्तर प्रतिशत है बागवानी में यह आंकड़ा उन्यासी प्रतिशत और पश्रपालन मछली उत्पादन में यह आंकड़ा पिचानवें प्रतिशत तक है उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद शहर का नाम बदलकर प्रयागराज करने का फैसला किया है यह फैसला आज से लागू हो जाएगा केंद्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा और आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पूरी ने आज नई दिल्ली में तीन मूर्ति भवन में देश के प्रधानमंत्रियों पर बनने वाले संग्रहालय की आधारशिला रखी इस राष्ट्रीय भवन में आधुनिक भारत के प्रधानमंत्रियों के रहन सहन कार्य और उनके महत्वपूर्ण योगदान से जुड़ी वस्तुओं को रखा जायेगा संग्रहालय में रखी गई उनकी समृतियों से आगन्तुकों को देश के लोकतांत्रिक अनुभव की झलक देखने को मिलेगी भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली आईसीसी रैंकिंग में नंबर एक टेस्ट बल्लेबाज बने हुए हैं पृत्वी शॉ और ऋषभ पंत ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ श्रृंखला समाप्त होने के बाद रैंकिंग में लंबी छलांग लगायी है गेंदबाजों में उमेश यादव को भी चार स्थान का फायदा हुआ है उपराष्ट्रपति वैंकेया नायडू ने कहा कि ऐसा माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने वाले बिना किसी डर के अनुचित कार्यों की जानकारी दे सके भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ एसोचैम की अट्टानवीं वार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी को कतई बर्दाश्त न करते हुए संगठनों और व्यक्तियों को नैतिकता को बढ़ावा देना चाहिए श्री नायडु ने कहा कि कर भुगतान प्रत्येक कंपनी का सिद्धांत होना चाहिए और एसोचैम जैसे निकायों को अपने सदस्यों को इसे अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभू ने कहा कि केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि भारत वैश्विक चुनौतियों के बावजूद व्यापार और वाणिज्य सहित सभी क्षेत्रों में लगातार विकास की ओर अग्रसर रहे